धर्मशाला में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का राज्यपाल ने किया शुभारम्म

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने मण्डी जिले के थुनाग में मिनी सचिवालय भवन की आज आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बनने से स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर विभागीय काम करवाने में मदद मिलेगी इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय ज़िलों में बर्फबारी से निपटने के लिए सभी ज़िला उपायुक्तों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अत्यधिक बर्फ गिरने की संभावना के चलते उचित बंदोबस्त करने को कहा गया है बाद में मुख्यमंत्री ने थुनाग में चार दिवसीय सराज दीप उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने इस उत्सव को जिलास्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की और कहा कि मेले व उत्सव प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण का प्रचार प्रसार करते हैं उन्होंने युवाओं से अपनी समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में अपना योगदान देने का आहवान किया सांसद राम स्वरूप शर्मा और विधायक विनोद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे

सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ऊना ज़िले के गगरेट में आज कुठेड़ा लोहारड़ी उठाऊ पेयजल योजना के शुभारम्भ अवसर पर ये जानकारी दी

महेन्द्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सिंचाई का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए ताकि कृषि पैदावार बढ़ाई जा सके उन्होंने चतैड़ अम्बोटा पेयजल योजना और दौलतपुर में सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के उपमण्डल कार्यालय का भी शुभारम्म किया अनुराग ठाकुर इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और लोगों को एक पारदर्शी शासन दिया है ऊना ज़िले के दौलतपुर चौक में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोज़गार दिलाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और समय समय पर रोज़गार मेले भी लगाए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास की दृष्टि से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र देशभर में एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा

क्षेत्र के अजनौली में आज एक जनसभा में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इसके तहत छोटे छोटे चैक डैम बनने से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी उन्होंने बताया कि ऊना ज़िले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शिक्षा तंत्र को मजबूत करना राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता बताया है वे आज पालमपुर क्षेत्र के राजकीय विद्यालय दैहण के अतिरिक्त भवनों के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने राजकीय विद्यालय डरोह के भवनों की भी आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अध्यापकों के खाली पदों को प्राथमिकता पर भरा जा रहा है

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस जवानों को स्वस्थ और निरोग रखना है उन्होंने कहा कि खेलकूद मानव जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति बोध को जागृत करने और अनुशासन की भावना को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं आचार्य देवव्रत ने कहा कि पुलिस बल के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी खिलाड़ी नई ऊंचाईयों को छूने का प्रयास कर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे

ऐप सोलन स्थित ख्रम्ब अनुसंधान निदेशालय की आईसीएआर मशरूम ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि ज्ञान मोबइल ऐप में शामिल किया गया है इससे मशरूम उत्पादन से संबंधित जानकारी हासिल करने वाले लोगों को और अधिक सुविधा मिल सकेगी निदेशालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत दीपक शर्मा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से देशभर के मशरूम उत्पादकों को एक मंच पर लाया गया है निदेशालय के निदेशक वीपी शर्मा ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य मशरूम की खेती को घर घर पहुंचाना और लोगों को इस संबंध में जानकारी देना है

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार गुलाबा में पार्किंग व्यवस्था न होने और वाहनों के बेतरतीब ढंग से पार्क होने के कारण ये समस्या आ रही है ऐसे में एम्बुलेंस वाहनों को भी आवाजाही में असुविधा हो रही है स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में पर्यटक वाहनों की संख्या सीमित करने की मांग की है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी को सर्वव्यापी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से लक्ष्य लेकर काम करने को कहा है हमीरपुर जिले के पटलांदर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी के सर्वव्यापी होने का अर्थ हर क्षेत्र में हर व्यक्ति और हर मतदाता से पार्टी का संपर्क होने से है धूमल ने उम्मीद जताई कि भाजपा चारों सीटों पर जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में दोबारा सरकार बनाएगी सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने राज्यव्यापी दौरे के तहत शिमला जिले के ठियोग में आज जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हिमाचल से किए अपने वायदे पूरे करने में विफल रही है

मौसम प्रदेश के अनेक भागों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठण्ड लगातार बढ़ रही है पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद दूरदराज इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है

कड़ाके की ठण्ड के बीच दिन के समय खिल रही धूप से कई जगह मौसम सुहावना बना हुआ है

सिलाई मशीन भारत तिब्बत सीमा पूलिस के कर्मियों ने लाहौल स्पीति के समनम और करदंग गांवों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लोगों को सिलाई मशीनें वितरित की

उपायुक्त ललित जैन ने आज नाहन में बताया कि मेले के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ददाह में भगवान परशुराम और अन्य देव पालकियों का स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय कलाकारों सहित बॉलीवुड और पंजाबी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है और इस दौरान विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी